प्रदेश भाजपा राज्य सरकार की नीतियों के विरूद्व करेगी आंदोलन

प्रबंधन के मामले में राजस्थान की जेलें पूरे देश में पहले स्थान पर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

मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

श्री गहलोत के मौजूदा कार्यकाल का यह तीसरा बजट होगा

वित्त विभाग ने कल बजट की कॉपी औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री को सौंपी

वे भाजपा कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे

साथ ही बैठक में विधानसभा उपचुनावों में पार्टी की रणनीति पर चर्चा के साथ साथ विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की रणनीति भी बनाई गई

कल इस बीमारी से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में बताया केन्द्र सरकार पचास वर्ष से अधिक आयु वाली तीसरी श्रेणी के लिए भी टीकांकरण अभियान शुरू करने वाली है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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं

रिपोर्ट में पुलिस न्यायपालिका कारागार और कानूनी सहायता पर राज्यों की रैंकिग निर्धारित की गई हैं

इस अवार्ड स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी आवेदन कर सकते हैं

पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित चार दिन तक चलने वाले इस परम्परागत महोत्सव में इस बार कई नए और आकर्षक कार्यक्रमों की धूम रहेगी हमारे संवाददाता ने बताया कि महोत्सव में आने वाले सैलानियों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं

न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ राज्य सरकार और अन्य की अपील पर आज सुनवाई करेगी

इसमें दस जिलों की टीमें भाग ले रही हैं